भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की सरकार देशभर में गरीबों के कल्याण का काम कर रही है उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्ट नक्सली और उनके समर्थक तथा अलगाववादी इन चुनावों में बिहार को वापस जंगलराज की ओर धकेलने के लिए एक साथ आ गए हैं उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की आलोचना करते हुए कहा कि ये केवल अपने परिवारों की चिंता करते हैं और इन्हें बिहार के लोगों की कोई परवाह नहीं है श्री मोदी ने राजग सरकार के बिहार में किए गए कार्यों का उल्लेख किया और कहा कि यह विकास पर केंद्रित है विपक्षी नेताओं के केवल अपनी सीट बचाने की चिंता है उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया और इसके तहत बिहार में हो रहे कार्यो का उल्लेख किया बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव का प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो गया राज्य में तीन चरणों में चुनाव होने हैं पहले चरण में अट्ठाइस अक्तूबर को वोट डाले गए थे दूसरा चरण तीन नवंबर और अंतिम चरण सात नवंबर को जबकि मतगणना दस नवंबर को होगी बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर आज शाम पांच बजे थम गया इसके साथ ही उम्मीदवारों के पक्ष में डोर दू डोर जनसंपर्क किया जा रहा है महागठबंधन के साझा प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के कुमार जयमंगल ने शहरी क्षेत्रों में जुलूस निकालकर मतदाताओं से वोट की अपील की वहीं भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाट्ल ने भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रचार किया और मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने की अपील की आपको बता दें कि तीन नवंबर को झारखंड की दो विधानसभा सीटों दुमका और बेरमो के लिए उपचुनाव होने हैं

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पिछले दो माह के अंदर राज्य में सरकार बनाने को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की ओर से जो बयान दिया गया है और उनके खिलाफ जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उसे वापस नहीं लिया जाएगा इस मुकदमे को लेकर आगे जांच होगी भारतीय जनता पार्टी और अन्य विरोधी दलों द्वारा हमारे खिलाफ की जा रही छोटी मोटी आलोचनाओं को हम ध्यान नहीं देते हैं लेकिन जब सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची जाएगी तो उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा मुख्यमंत्री आज दुमका में पत्रकारों से बात कर रहे थे इस दौरान उन्होंने कहा कि दुमका और बेरमो सीट पर हमारी जीत तय है भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी ताकत लगा ले उसे दोनों ही सीटों पर करारी शिकस्त मिलेगी मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के हिस्से के पैसे को काटा जा रहा है जीएसटी में जो राज्यों की हिस्सेदारी होती है उसे नहीं दिया जा रहा है यह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए अच्छा नहीं है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने अपने कर्तव्यों का पूरी इमानदारी के साथ निर्वहन किया है दुमका विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान की उलटी गिनती शुरू हो गयी है चुनाव प्रचार आज शाम पांच बजे समाप्त हो गया

मुख्य मुकाबला भाजपा की लुइस मरांडी और झामुमो के बसंत सोरेन के बीच है भाजपा उम्मीवार के पक्ष में अब तक तीन पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी अर्जुन मुंडा और रघुवर दास के अलावा पूर्व मंत्री व आजसू नेता सुदेश महतो अन्नपूर्णा देवी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और गोड्डा सांसद निशिकांत दूबे जनसभाएं कर चुके हैं बाबूलाल मरांडी ने आज कई चुनावी सभाओं को सम्बोधित किया वहीं झामुमो प्रत्याशी के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके मंत्रिमंडल के साथी आलमगीर आलम रामेश्वर उरांव बन्ना गुप्ता सत्यानंद भोक्ता और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने जनसभाओं को सम्बोधित किया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दुमका में आयोजित कई जनसभाओं में भाग लिया और झामुमो प्रत्याशी के पक्ष में वोट दने की अपील करते हुए राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाईं दुमका के नगर थाना में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ राजद्रोह समेत दूसरे मामलों में एफआईआर दर्ज होने के बाद दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार को चुनौती दी है

इस दौरान अगर सरकार चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर सकती है आगे उन्होंने कहा कि कल दस बजे वह दिल्ली जायेंगे जहां पार्टी के कैबिनेट पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक है और तीन तारीख को झारखंड वापस लौटेंगे पाकुड़ जिले में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आज से तीन दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का उद्घाटन पुराना सदर अस्पताल से किया इस दौरान जिले के एक हजार एक सौ आठ पोलियो बूथों पर शून्य से पांच वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जायेगी अभियान के पहले दिन पोलियो बूथों पर वेक्सिनेटरों के अलावा आंगनबाड़ी सेविका ग्राम प्रधान एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने लक्षित बच्चों को खुराक पिलाने में अहम भूमिका निभाई सिविल सर्जन डॉ रामदेव पासवान एवं सर्विलेंस मेडिकल ऑफिसर ने भी दर्जनों पोलियो बूथों का निरीक्षण किया

वह गोईलकेरा के सांगाजाटा का रहने वाला बताया जाता है पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इनामी नक्सली को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया था सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमर कुमार पांडे के नेतृत्व में पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कमारहातु में छापामारी की जहां प्रधान देवगन के घर में उसे बीमार अवस्था में पाया गया गिरफ्तारी के बाद उसे चाईबासा सदर अस्पताल लाया गया जहां बेहतर इलाज के लिए उसे भर्ती कराया गया है पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा के हवाले से बताया गया कि गिरफ्तार नक्सली माओवादियों के दस्ते का सक्रिय सदस्य है और गोइलकेरा सोनुआ तथा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कई नक्सली कांडों में वांछित भी था पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी को लेकर एक लाख रुपये का इनाम भी रखा था पुलिस इस गिरफ्तारी को कार्फी महत्वपूर्ण मान रही है राज्यभर में दीपों का त्योहार दीपावली की तैयारी जोर शोर से चल रही है बाजार में डिजाइनर दीयों की मांग बढ़ रही है हजारीबाग जिले में ऐसे डिजाइनर दीयों का निर्माण किया जा रहा है

राजधानी रांची में कोरोना वैक्सीन के वितरण और रख रखाव की तैयारी शुरू कर दी गयी है इस संबंध में उपायुक्त छवि रंजन ने जिले के सिविल सर्जन को वैक्सीन के लिए कोल्ड स्टोरेज और रख रखाव संबंधी उपकरणों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है श्री रंजन ने इसे लेकर अपर जिला दंडाधिकारी सदर अनुमंडल पदाधिकारी सिविल सर्जन और रिम्स के चिकित्सकों के साथ बैठक कर कहा कि वैक्सीन उपलब्ध होने पर सबसे पहले कोरोना को नियंत्रित करने की व्यवस्था में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को चिन्हित कर टीका लगाया जायेगा आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड उन्नीस पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर एनएन माथुर इस चर्चा में भाग लेंगे

चिकित्सा शिक्षा को सस्ता बनाने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एम बी बी एस में प्रवेश के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं के नये नियमों को अधिसूचित किया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार नए नियम ऐसे सभी चिकित्सा महाविद्यालयों पर लागू होंगे जिनकी स्थापना की जानी है

नए नियमों में उपलब्ध संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल से चिकित्सा शिक्षा के स्तर को बनाए रखने पर बल दिया गया है अब मेडिकल कॉलेज और उनसे जुड़े अध्यापन अस्पतालों की स्थापना के लिए निश्चित भूमि की आवश्यकता नहीं होगी

इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किये गये कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए सीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद ने देशभर में सीसीएल के कियाकलापों की विस्तृत जानकारी दी उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सीसीएल की ओर से कई प्रोजेक्ट लाए जाएंगे अगले दो तीन महीनों के अंदर सीसीएल कोयला उत्पादन में पिछले वर्ष की बराबरी कर लेगा गोड्रा जिले के ठाकरगंगटी प्रखंड में हरिदेव अस्पताल में कालाजार बीमारी रोकने संबंधी कार्यशाला संपन्न हुई

कुछ गांव में छिड़काव को लेकर परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था जिसके लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया गया

सरकार की ओर से इन्हें प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है कार्यक्रम में यह सुनिश्चित किया गया कि जिले के कई गांवों में कालाजार खोज पखवाड़े के तहत अभियान चलाया जाएगा खूंटी जिले के मारंगहादा और तुपुदाना थाना क्षेत्र में आतंक का पर्याय रहे नक्सली संगठन पीएलएफआई के पूर्व एरिया कमांडर चरकू पहान अब केसर की खेती कर जीवनयापन कर रहे हैं चरकू पहान के मुख्यधारा में जुड़ने के बाद अब गांव के अन्य युवक भी केसर की खेती में जुट गए हैं युवाओं का मानना है कि केसर की खेती से किसानों की आय दोगुनी होगी इसके लिए ऑनलाइन केसर का बीज मंगाकर केसर की खेती की जा रही है एक सीजन की खेती से डेढ़ से दो लाख तक की आमदनी हो सकती है चार महीने में केसर की फसल तैयार होने के बाद इसकी मार्केटिंग की जा सकेगी

आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अब्धाबी में किंग्स इलेवन पंजाब का मुकाबला चेन्नई सुपरकिंग्स से और दुबई में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा कल रात शारजाह में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को पांच विकेट से हरा दिया था